मोटे तौर पर आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी

इस विजन को साकार करने के लिए भारत को तेजी से प्रगति करनी होगी और सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर आठ प्रतिशत बनाये रखनो होगी

इसमें निजी निवेश रोजगार निर्यात और मांग पर आधारित विशेष रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है समीक्षा में यह भी बताया गया है कि पिछले पांच वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आर्थिक वृद्धि तथा बृहत आर्थिक स्थिरता के लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंचे आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि चालू खाता घाटा काबू करने लायक स्तर पर बना रहा तथा विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया

कृषि वानिकी और मत्स्यपालन क्षेत्र की वृद्धि दर दो दशमलव नौ प्रतिशत रहने की संभावना है

आर्थिक समीक्षा में सामाजिक हित के आंकड़ों की असीम संभावनाओं को रेखांकित किया गया है इसमें कहा गया है कि आंकड़े लोगों के लोगों द्वारा और लोगों के लिए होने चाहिएं जनसांख्यिकीय रूझानों से संकेत मिलता है कि बुजुर्गों की आबादी के लिए तैयारी करने की जरूरत है जिसके लिए स्वास्थ्य देखभाल पर ज्यादा निवेश करना होगा सेवानिवृत्ति की उम्र चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की बात भी कही गई है

पेश होने वाले केंद्रीय बजट का लोग बड़ी उम्मीदों के साथ इंतजार कर रहे हैं उद्यमियों व्यापारियों किसानों नौजवानों सरकारी कर्मचारियों सहित आम जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं महिलाओं को आशा है कि इस बजट से मंहगाई कम होगी और इससे रसोईघर के खर्चें कम होंगे

इस कार्यक्रम में हमारे यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर सुबह दस बजकर दस मिनट से बजट से पहले चर्चा वित्त मंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण विशेष बजट बुलेटिन और स्टूडियो में विशेषज्ञों से बजट पर चर्चा प्रसारित होगी

राज्यसभा ने कल इसकी मंजूरी दी जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर च् की है इस विधेयक में केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक वर्ग में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों जनजातियों शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान है यह विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा

राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में इस सेवा की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टोल फी हेल्प लाइन सेवा से लोगों की शिकायतों पर ज्यादा तेजी से और प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो सकेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति एक शून्य सात छह यानी दस छियत्तर नम्बर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है जो संबंधित विभाग को भेज दी जायेगी और समयबद्ध तरीके से इसका निस्तारण किया जायेगा इस सेवा को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए कॉल सेन्टर की सुविधा चौबीसों घंटे मौजूद रहेगी सेवा प्रदान करने वाली कॉल सेन्टर कंपनी के प्रबंध निदेशक अभिषेक गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ को बताया कि शिकायतकर्ता के पास फोन करके उसकी संतुष्टि की जानकारी लेने का भी प्रावधान रहेगा

शिकायत दर्ज होने के बाद हमारे अधिकारी उसे संबंधित विभाग में भेज देते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी के पास एक समय सीमा है जिसमें उसको उस शिकायत का निराकरण डालना है जब वह निराकरण डाल देगा उसके बाद हम उस सीटिज़न से वापस बात करेंगे अगर वह संतृष्ट है तो शिकायत को बंद कर दिया जायेगा अगर वह शिकायतकर्ता संतृष्ट नहीं है तो उससे उच्च अधिकारी को भेजा जायेगा

हर माह होगी जैसा सीएम साहब ने खुद कहा मुख्यमंत्री योगो आदित्यनाथ ने आगामी कांवड यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार बिजली पानी सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि कुंभ जैसा बड़ा आयोजन इतनी सफलता से हो सकता है तो कांवड़ यात्रा को भी बेहतर ढंग से सम्पन्न कराया जा सकता है उन्होंने निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया की निगरानी हेलीकाप्टर द्वारा करने के साथ ही उन पर पूष्प वर्षा भी की जाये उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में पहले की तरह डीजे और माइक पर काई प्रतिबंध नहीं रहेगा लेकिन यह सुनिश्चित किया जाये कि इनमें सिर्फ भजन ही बजाये जायें और आवाज कर्णप्रिय लेवल तक रहे प्राचीन नगर वाराणसी का जल्दी ही सिंगापुर से हवाई संपर्क जुड़ जाएगा

यह गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के अभियान का हिस्सा है केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की और जल संरक्षण स्खी नदियों को जीवित करने वर्षा जल संग्रह तथा पौधा रोपण अभियान जैसे मुद्दों पर चर्चा की

राज्यपाल राम नाईक ने इस अवसर पर अपनी और प्रदेश को जनता की ओर से लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी इस अवसर पर गणमान्य लोग मौजूद रहे